तीसरे चरण के नामांकन के दूसरे दिन कल पांच उम्मीदवारों ने दाखिल किये अपने पर्चे प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में आई तेजी राज्य में कल हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में चौदह लोगों की मौत चौवालीस घायल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का समय कल शाम समाप्त हो गया दूसरे चरण में प्रदेश की आठ सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अब कुल सत्तासी उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गये हैं नाम वापसी के अंतिम दिन कल चार प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिये हैं नगीना से दो अमरोहा और फतेहप्र सीकरी से एक एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है इस चरण में दाखिल किये गये एक सौ छत्तीस नामांकन पत्रों की अट्ठाईस मार्च को जांच की गयी थी जिसमें पैतालीस नामांकन रद्द किये गये जबकि इक्यान्नबे नामांकन पत्र वैध पाये गये प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में नगीना में सात अमरोहा में दस बुलंदशहर में नौ अलीगढ़ में चौदह हाथरस में आठ मथुरा में तेरह आगरा में ग्यारह और फतेहपुर सीकरी में अब पन्द्रह प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गये हैं इस चरण में अट्ठारह अप्रैल को तेरह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सन्तानवे निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की दस सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अट्ठाईस मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है जो चार अप्रैल तक चलेगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि नामांकन के दूसरे दिन पांच उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये भाजपा के कुॅवर सर्वेश कुमार ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सपा के अक्षय यादव ने फिरोजाबाद से और कूँवर देवेन्द्र सिंह ने एटा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं पीलीभीत संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी वरूण गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया उन्होंने पिछला चुनाव सुल्तानपुर से लड़ा था और सांसद चुने गये थे वरूण गांधी ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पीलीभीत में विभिन्न स्थानों पर रोड शो कर पार्टी के लिए वोट मांगे बदायूँ सीट से स्वामी पगला नंद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कल अपना पर्चा दाखिल किया इससे पूर्व तीसरे चरण के लिए नामांकन के पहले दिन मुरादाबाद लोकसभा सीट से सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से विजय पाल सिंह और आंवला से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश पाल गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र भरा था इस चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीमीत की दस संसदीय सीटों के लिए तेईस अप्रैल को मतदान होगा उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवारों द्वारा चुनाव समिति के सामने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देने से संबंधित शीर्ष न्यायालय के फैसले के कथित उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू करने की याचिका को लेकर केन्द्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है न्यायाधीश आर एफ नरिमन और विनीत सरन की पीठ ने पच्चीस सितम्बर दो हजार अट्ठारह के फैसले पर अमल न करने के लिए तीन उपनिर्वाचन आयुक्तों विधि सचिव और कैबिनेट सचिव से जवाब मांगा है प्रदेश में सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कम में कल शाहजहांप्र में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को खास कर महिला मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया मुजफ्फरगनर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जिले में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और मतदेय स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देश दिये निर्वाचन आयोग और रेलवे लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लम्बी दूरी की रेलगाडियों का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं ये गाडियां हैं केरल एक्सप्रेस हिमसागर एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस इन गाडियों में मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्यलाइन नम्बर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ओड़िश में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लोगों के लिए अनेक बड़े फैसले किए हैं और देश के साथ चौकीदार की तरह डटी रही है उन्होंने लोगों से पूछा कि वे चौकीदार का समर्थन करेंगे या उन नेताओं के साथ जाएंगे जो अपने लिए काम करते हैं श्री मोदी ने तेलंगाना में नागर कुरनूल लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली में लोगों से कहा कि वे भारत के भावी विकास के पक्ष में मतदान करें कोरापुट जिले के जैपुर में जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं मरीजों के लिए दवाएं युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था और आम आदमी के लिए जन सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के विकास का एजेंडा है उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि श्री मोदी अमीरों को संरक्षण देते हैं जबकि कांग्रेस पार्टी गरीबों कमजोर वर्गो और किसानों के साथ है हरियाणा के यमुना नगर में एक जनसभा में श्री गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया श्री गांधी ने दावा किया कि भाजपा के विपरीत कांग्रेस अपने वादे पूरा करती है हाल में घोषित न्याय योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इस न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू करेगी इस कम में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकुब कुरैशी के पक्ष में कल एक जनसभा को सम्बोधित करते हए मतदाताओं से गठबंधन को जिताने का आहवान किया जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है पहले चरण की मेरठ संसदीय सीट पर भाजपा के राजेन्द्र अग्रवाल कांग्रेस से हरेन्द्र अग्रवाल और बसपा सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब क्रैशी चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के अपने तीन दिवसीय चुनाव अभियान के आखिरी दिन कल फैंजाबाद में रोड शो करके लोगों से जनसम्पर्क किया और नुक्कड़ सभाओं में शामिल हुई उन्होंने अटका गांव में एक चौपाल में हिस्सा लिया और मऊ शिवाला गांव में स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की फैजाबाद में अपने चुनावी दौरे के दौरान श्रीमती वाड्रा ने भाजपा पर देश के संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार में जनता के बुनियादी सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे के दौरान विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में चौदह लोगों की मौत हो गयी और चौवालीस लोग घायल हो गये ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर कल सुबह हुए एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गयी और चौबीस लोग घायल हो गये यह दुर्घटना उस समय हुई जब आगरा से नोएडा जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गयी बस में सवार आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों में कुछ की स्थिति गंभीर बतायी जा रही है यह बस औरैया डिपो की थी उधर मुजफ्फरनगर के कैलाशनगर क्षेत्र के रतनपुरी थानान्तर्गत एक जीप को पीछे से एक ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गयी और बीस लोग घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में इन दुर्घटनाओं पर गहरा दुख प्रकट किया है और दिवंगत आत्मा की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं पर आगामी छह माह के लिये हड़ताल पर रोक लगा दी है राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने कल यह जानकारी दी उच्चतम न्यायालय ने उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक सौ छियासी मामलों की जांच पूरी करने के लिए विशेष जांच दल को दो महीने का और समय दिया है

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि संवैधानिक रूप से संवेदनशील अनुछेद पैंतीस ए का कई लोग राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका सबसे अधिक नुकसान राज्य के आम नागरिकों को हुआ है श्री जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया कि जम्मू कस्मीर के बारे में जवाहर लाल नेहरू का दृष्टिकोण उचित नहीं था उन्होंने कहा कि विशेष दर्जे से अलगाववाद को रोका जाना चाहिए